मुख्य सचिव ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लियापर्याप्त संख्या में स्थायी शौचालय बनाने के निर्देश दिये

स्लग गडकरी सीएम भेंट मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं जल संसाधन मंत्री नितिन गड़करी से मुलाकात की

केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने मुख्यमंत्री को कार्रवाई का आश्वासन दिया है

मुख्यमंत्री ने इन कार्यो के लिए केंद्र सरकार से जल्द वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस साल चारधाम यात्रा में रिकार्ड संख्या में श्रद्वालु पहुंचे मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए ऑल वेदर रोड पर तेजी से काम चल रहा है स्लग अरविंद पांडेय प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने शिक्षा सचिव को राज्य सरकार के अधीनस्थ संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों को कॉन्वेंट के समकक्ष बनाने के निर्देश दिये साथ ही अवकाश के दिनों में भी गेस्ट टीचरों की सेवा आवश्यकतानुसार लेने के भी निर्देश दिये

शिक्षा मंत्री ने जूनियर हाईस्कूलों को छात्र संख्या की कमी पर हाईस्कूलों में संविलियन करने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जहां छात्र संख्या काफी कम हो ऐसे जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों का वहीं पर संचालित हाईस्कूल विद्यालय में संविलियन किया जाए बैठक में चारधाम के आस पास स्थित संस्कृत विद्यालयों में चारवेद की शिक्षा छात्रों को दिलाने पर चर्चा हुई शिक्षा मंत्री ने इस कार्य के लिए ऋषिकेश परमार्थ निकेतन द्वारा सहयोग किये जाने की जानकारी दी

स्लग प्रशिक्षण ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तत्वावधान में चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज देहरादून में शुभारंभ हुआ यह प्रशिक्षण शिविर परिवारों की भूमि एवं पशुधन धारिता कृषक परिवारों की स्थिति का आंकलन और ऋण एवं निवेश पर सर्वेक्षण की थीम पर आधारित है इसका उद्देश्य आधारभूत आंकड़े उपलब्ध करना है जिससे देश में ऋण संरचना के विकास में मदद मिल सके इन आंकड़ों का उपयोग नीति आयोग विभिन्न मंत्रालय और विभाग देश की जनता के लिये नीति निर्धारण और योजनायें बनाने के लिए करते हैं चार दिवसीय शिविर में नेशनल सैम्पल सर्वे आफिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की एक एजेंसी है

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों वनाधिकारियों और सभी कार्यदायी संस्थाओं से उन्होंने ये बात कही श्री रौतेला ने निर्देश दिये कि सभी जिलाधिकारी हर महीने के पहले सप्ताह में वनाधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक कर सभी मामलों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और बैठक का कार्यवृत्त बनाकर मण्डलायुक्त कार्यालय को भेजेंगे उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर निरन्तर विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा की जा रही है इसलिए इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों में सभी अधिकारियों को विशेष रूचि लेनी होगी स्लग मुख्य सचिव जायजा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया मुख्य सचिव ने जिला आपदा प्रबंधन समिति को गौरीकृण्ड से केदारनाथ मंदिर तक पर्याप्त संख्या में स्थाई शौचालय का निर्माण करने के निर्देश दिये

सरस्वती नदी पर सुरक्षा और घाट निर्माण के कार्यों की धीमी प्रगति और पर्याप्त संख्या में श्रमिकों के मौके पर मौजूद न होने पर मुख्य सचिव ने असंतोष व्यक्त किया

देहरादून स्थित नगर निगम सभागार में एमडीडीए द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए लॉटरी का आयोजन किया गया कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने लॉटरी के माध्यम से लोगों को घरों की सौगात दी

जिसके बाद नगर निगम में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इनका आंवटन किया

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर परिवार को घर उपलब्ध कराने के सपनें को साकार करने का प्रयास कर रही है

लेकिन अब मौसम साफ होने और धूप निकलने से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह मौसम साफ रहने की उम्मीद है आने वाले दो तीन दिनों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य हो जायेगा

जबकि इससे पूर्व मौसम साफ बने रहने का अनुमान है स्लग पशुचिकित्सा वाहन बागेश्वर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने आज पशुपालन विभाग के दो नए सचल पशुचिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर दूरस्थ क्षेत्रो में पशुचिकित्सा शिविरों के लिए रवाना किया इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन विभाग के चिकित्सकों को विभिन्न विभागीय कार्यों जैसे पश् चिकित्सा टीकाकरण आकस्मिक चिकित्सा आदि के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंचने में वक्त लगता है